देश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने की दर सत्तर प्रतिशत के करीब हुई प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग में लगातार हो रही है बढ़ोत्तरी प्रतिदिन टेस्ट क्षमता में राज्य देश में पहले स्थान पर पहुंचा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी कल प्रदेश भर में श्रद्वा और भक्तिभाव से मनाई गयी मथुरा के बांके बिहारी मंदिर और अन्य जगहों पर आज होगा आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड नाइन्टीन मरीजों की अधिक संख्या वाले राज्यों से जांच बढाने का आहवान कियाहै श्री मोदी ने बिहार गुजरात उत्तरप्रदेश पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में विशेष रूप से जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया जहां जांच की दर कम है और संक्रमण की दर अधिक है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सामूहिक प्रयासों से ही कोविड नाइन्टीन महामारी से लड़ाई में देश की जीत होगी कल वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के अन्त में श्री मोदी ने कहा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात ये है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और उतना डर दूर हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन महामारी पर नियंत्रण के प्रयास प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं क्योंकि देश में कोविड मरीजों का प्रतिशत घट रहा है और स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है श्री मोदी ने कहा कि राज्यों ने विचार विमर्श के जरिये एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है

जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन दस राज्योमें ही हैं इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन दस राज्यों के एक साथ बैठकर के हम समीक्षाकरें वर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रेक्टिसेज है उन्होंने किस किस प्रकार के नयेइनिशिएटिव लिये हैं वे सबके ध्यान में आए क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयासकर ही रहा है और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुमवों से काफी कुछ सीखने समझने को मिला है प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आए लोगों का पता लगाना तथा नियंत्रण और निगरानी कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने के सबसे प्रभावशाली उपाय हैं

इससे संक्रमणको पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं

संतोष की बात है कि लगातार औरकम हो रहा है एक्टिव केसेज का प्रतिशत कम हुआ है रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहाहै सुधरता जा रहा है तो इसका अर्थ ये है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञ अब कह रहे हैं कि यदि संक्रमण होने के बहत्तर घंटे के अन्दर पहचान कर ली जाए तो उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश आंध्रप्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र पंजाब बिहार गुजरात और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की इस दौरान संबंधित राज्यों में कोविड नाइन्टीन की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट नीति को सफलतापूर्वक लागू करने नमूनोंकी तेजी से कोविड जांच और गंभीर रोगियों के प्रभावी क्लीनिक्ल प्रबंधन के परिणाम स्वरूप मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग सत्तर प्रतिशत हो गई है मृत्यू दर दो प्रतिशत से कम पर आ गई है मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान सैंतालीस हजार सात सौ से अधिक रोगी स्वस्थ हुए इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या पन्द्रह लाख तिरासी हजार से अधिक हो गई है देश में कोविड नाइन्टीन की स्थिति की निगरानी के लिए बनाये गये आरोग्य सेतु एप को अब तक पन्द्रह करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है लोगों के अत्यधिक समर्थन के कारण यह दुनियाभर में सबसे अधिक डाउनलोड होने वाला एप बन गया है सरकार के समर्थन से तैयार किये गये इस एप ने शुरू होने के तीन महीने के अन्दर ही यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है राज्य अब कोरोना की प्रतिदिन टेस्ट क्षमता में देश में पहले स्थान पर आ गया है यहां प्रतिदिन एक लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है कल राज्य में एक लाख एक हजार उन्तालीस सैम्पल की जांच की गई और अब तक तैंतीस लाख चौदह हजार चार सौ पैंतीस नमूनों की जांच की गई है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में डब्ल्यू एच ओ द्वारा निर्धारित मानक से तीन गुना ज्यादा टेस्ट प्रतिदिन किये जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया ह ै कि छह शहरों में एल टू और एल थ्री श्रेणी के कोरोना मरीजों के बिस्तरों की संख्या बढ़ाएं उन्होंने कोविड रोगियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी वाले क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए निगरानी के साथ ही प्रभावी संपर्क करने और लोगों के घर घर जाकर सर्वेक्षणके निर्देश दिए हैं उन्होंने लखनऊ प्रयागराज बरेली गोरखपुर वाराणसी और कानपुर जिलों में कोविड बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के विशेष आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वह लखनऊ के केजीएमयू में बन रहे विशेष कोविड अस्पताल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करके इसे अगस्त माह के अंत तक शुरू कराएं राज्य सरकार ने सात जिलों में जिलाधिकारियों की सहायता के लिए विशेष सचिव स्तर के अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है यह अधिकारी राज्य में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने और स्वास्थ्य सेवाओं के क्शल प्रबंधन में जिलाधिकारियों को सहयोग करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार राज्य में कोविड बिस्तरों की संख्या भी बढायेगी विशेष सचिव स्तर के अधिकारी लखनऊ कानपुर वाराणसी प्रयागराज गोरखपुर बहराइच और बरेली जिलों में तैनात किये जायेंगे ये वो जिले हैं जहां कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है गोरखपुर वाराणसी मार्ग पर निर्माण कार्यो में हो रहे विलम्ब पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अक्टूबर महीने तक इस मार्ग पर सुवारू रूप से यातायात बहाल करने का प्रयास करें कल गोरखपुर में अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने जंगल कौडिया मोहद्दीपुर मार्ग की धीमी प्रगति पर भी असंतोष करते हुए इसे हर हाल में एक माह के अंदर पूरा कर लेने के निर्देश भी दिए मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमित मरीजो के इलाज की व्यवस्था सुदढ़ करने के साथ लेवल टू और लेवल थ्री श्रेणी के अस्पतालों में बेडो की संख्या बढ़ाकर एक हजार करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि कोई मरीज वापस नहीं होना चाहिए इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया एवं अधिकारियों को निर्देश दिया कि फसलों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण करा कर के मुआवजा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल प्रदेश भर में श्रद्वा और भक्तिभाव से मनाया गया लोग अपने घरो में झांकिया सजाया और मध्य रात्रि में भगवान के जन्म के साथ भजन कीर्तन का गायन किया श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी पूरे धार्मिक उल्लास और श्रद्वा के साथ प्रदेश के विभिन्न भागों में आज भी मनायी जा रही है मथुरा में वन्दावन के ठाक्र बांके बिहारी मंदिर सहित अन्य स्थानों पर जन्माष्टमी आज मनायी जा रही है श्रीकृष्ण की क्रीडा भूमि नंद गांव में जन्माष्टमी का महोत्सव परम्परागत रूप से कल मनाया गया कोरोना संकट के चलते श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा के सभी मंदिरों पर बाहर से आने वाले श्रद्वालु को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार लखनऊ द्वारा कल एक भारत श्रेष्ठ भारत विषयक एक वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकारों और बुद्दिजीवियों ने हिस्सा लिया वेबिनार के मुख्य अतिथि मेघालय के राज्यपाल तथागत राय ने कहा कि भारत विविधता में एकता का देश रहा है उन्होंने कहा कि यहां भाषा बोली संस्कृति और परम्पराएं भिन्न हैं लेकिन भारत की आत्मा एक है वेबिनार मे विधायक पंकज सिंह और पीआईबी के अपर महानिदेशक आरपीसरोज सहित कई वक्ताओं ने भाग लिया